उन्होंने कहा है कि डोर टू डोर सर्वे कान्टैक्ट ट्रेसिंग सक्षम सर्विलांस और अधिक से अधिक रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्युदर को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है मुख्यमंत्री आज अपने आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने सभी जनपदों में कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ डॉक्टरों और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कहा श्री योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये सभी को सोशल डिस्टेंसिंग अनिवाय रूप से मास्क लगाना अनावश्यक घर से बाहर न निकलना भीड़ इकट्ठा न करना जैसे नियमों का पालन स्वयं ही सुनिश्चित करना होगा समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में संक्रमण न फैले इसके लिये बचाव संबंधी सभी उपाय किये जाये मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास पंचायतो राज नगर विकास विभाग को स्वच्छता सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का कार्य लगातार करते रहने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जरूरतमंदों को खाद्यान उपलब्ध कराया जाये जिनके पास राशनकार्ड नहीं है उनके राशनकार्ड तत्काल बनाकर उन्ह समय पर राशन उपलब्ध कराया जाये मनरेगा के तहत अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये उन्होंने कृषि सिंचाई और उद्यान विभाग से कार्य योजना बनाने के लिये भी कहा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 दिशा निर्देशों के अनुसार ये केन्द्र वरिष्ठ लोगों दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगों से ग्रस्त संक्रमितों के लिए नहीं होंगे उन्हें समुचित कोविड अस्पतालों में भर्ती कराना होगा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

उन्होंने कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है

सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिये प्रत्येक सप्ताह शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी का फैसला किया है पूर्णबंदी के दौरान राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी कार्यालय व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे हांलाकि आपात और औद्योगिक गतिविधियों की अन्मति रहेगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूर्णबंदी के दौरान बाजारों और प्रतिष्ठानों की साफ सफाई की जायेगी और उन्हें संक्रमण मुक्त किया जायेगा इसी क्रम में आज प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से पूर्णबंदी के दौरान अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की अपील की है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

प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है बलिया बस्ती बागपत बलरामपुर कौशाम्बी जालौन आजमगढ़ मऊ सहित विभिन्न जनपदों में वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है वहीं प्रयागराज में बारिश के चलते यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम वैज्ञानिकों के अनूसार इनमें से अधिकतर स्थानों पर बिजली की गरज चमक के साथ तेज आंधी भी चल सकती है प्रदेश सरकार ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं सिद्धार्थनगर जिले में वर्षा के चलते नदियों में बाढ़ और बांधों की मरम्मत किये जाने के संबंध में आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया इसमें स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी समेत जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे सांसद जगदम्बिका पाल ने आकाशवाणी को बताया कि इस बैठक में नदियों में बाढ़ को नियंत्रित करने तथा बांधों की निरन्तर निगरानी रखने तथा आवश्यकतानुसार उसकी मरम्मत किये जाने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये गये गौरतलब है कि वर्षा के चलते सिद्धार्थनगर जिले के कई तटवर्तीय गांव बाढ़ से प्रभावित है कन्नौज जनपद के सौरिख क्षेत्र में आज सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे मे छह लोगों की मौत हो गई है जबकि तैंतीस लोग घायल है सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है प्रलिस सूत्रों के अनुसार यह दुर्घटना आज सुबह उस समय हुई जब बिहार से दिल्ली जा रही एक प्राइवेट डबल डेकर बस ने एक्सप्रेस वे पर खड़ी कार को पीछे से टक्कर मार दी टक्कर के बाद बस और कार दोनों एक्सप्रेस वे से नीचे जा गिरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना पर लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने इस हादसे में घायल हुए लोगा का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिये हैं

केन्द्रीय ग्रहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती पर श्रद्वांजलि दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमर शहीद मंगल पाण्डेय को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ट्वीट कर कहा कि माँ भारती को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिये आपका संघर्ष हम सभी भारतीयों के लिये एक महान प्रेरणा है